जाधव की मौत की सजा पर लगाई रोक राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र आज से तेईस जुलाई को वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये पेश की जायेंगी अनुपूरक मांगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा परिषद् की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन की दी मंजूरी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की आर्थिक समिति ने करीब तेरह अरब बीस करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सहजनवां और दोहरी घाट के बीच नई रेल लाइन के निर्माण को दी मंजूरी हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आई सी जे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी है अपने फैंसले में न्यायालय ने पाकिस्तान को जाधव की सजा पर प्रभावी ढंग से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने राजनयिक संपर्क के जाधव के अधिकार की पृष्टि करते हए पाकिस्तान को उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया न्यायालय के सोलह में से पन्दह न्यायधीशों ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में गुण दोष के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से राजनयिक संपर्क करने और उनसे बात करने से भारत को उसके अधिकार से वंचित किया है भारत की ओर से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से इंकार कर पाकिस्तान ने कौंसुलर संबंधों पर वियना संधि का उल्लंघन किया है न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले में वियना सांधी के नियम लागू होते हैं श्री जाधव का जासूसी गतिविधियों के आरोपों का इससे कोई लेना देना नहीं है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह भारत सरकार की जीत है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कुलभूषण जाधव के मामले में अच्छी खबर आयी है उनको काउसलर एक्सीस भी दिया है और उनको जो फांसी की सजा लगायी थी पाकिस्तान ने उस पर रोक लगी हैं रोक जारी रहेगी तो यह भारत सरकार ने लगातार इसके बारे में जो प्रयास किए हैं और हरीश साल्वे ने जिस तरह से पक्ष रखा है मुझे लगाता है उसी का है भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी कूलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने अप्रैल दो हजार सत्रह में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देशभर में गैर कानूनी ढंग से आये लोगों और घुसपैठियों की पहचान की जायेगी और उन्हें वापस मेज दिया जायेगा श्री शाह ने कल राज्यसभा में देश के अन्य हिस्सों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में एक पूरक प्रश्न पर कहा देश की इंच इंच जमीन पर अवैंध प्रवासी जितने भी रहते हैं षुसपैठिये जितने भी रहते हैं इनको हम आइडेंटीफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोट करेंगे उधर राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार ने देश में गैर कानूनी ढंग से रह रहे लोगों और घुसपैठियों की रोकथाम के लिए कई कदम उठाये हैं इनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फूंसिंग के माध्यम से सीमा की निगरानी शामिल हैं उन्होंने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रकाशित किया जायेगा राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राजभवन में स्थापित स्वामी विवेकानन्द की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर श्री नाईक ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द के विचार नये विचारों को ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्होंने कहा कि वसुधैव कुट्मबकम के माध्यम से उन्होंने पूरा विश्व एक परिवार है की नई अवधारणा रखी राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने यह बात उस समय कही थी जब विकसित देश भारतीयों के प्रति सम्मान जनक दृष्टि नहीं रखते थे इस अवसर पर मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उदबोधन में कहा कि भारतीय और वैदिक परम्परा के बारे में शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द ने जो बात रखी थी इससे भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली श्री योगी ने कहा कि पूरा विश्व उन्हें प्राचीन धरोहर के संरक्षक के रूप में देखता है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आज औपचारिक कार्य अध्यादेशों और विधेयकों के पुर्नस्थापन का काम होगा और उन्नीस जुलाई को विधायी कार्य किये जायेंगे बीस इक्कीस जुलाई को अवकाश के बाद बाईस जुलाई को विधायी तथा अन्य काम होंगे जबकि तेईस जुलाई को वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये अनुप्रक मांगे पेश की जायेंगी पच्चीस जुलाई को अनुप्रक मांगो पर चर्चा के बाद उस पर विचार तथा पारण किया जायेगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विवेयक दो हजार उन्नीस के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है विवेयक में भारतीय चिकित्सा परिषद एम सी आई के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रस्ताव है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह आयोग प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत सीटों के लिए फीस और अन्य प्रभारों के बारे में भी नियम बनाएगा उन्होंने कहा कि इससे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और प्रवेश शुल्क कम होगा अभी क्या हो रहा है नीट भी हो रही है नीट के अलावा ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की भी एक्जामिनेशन होती है इंट्रा स्टेट मल्टीपल है अब सब के लिए नीट होगी और एक नई परीक्षा का सुजन किया है कि फाइल एग्जाम एग्जीट एग्जाम होगी और एग्जीट एग्जाम से उनको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलेगा लाइसेंस मिलेगा मंत्रिमंडल ने असम में न्यू बोंगईगांव और अगतोरी के बीच एक सौ तैंतालिस किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दे दी है यह रेल लाइन राज्य के बोंगईगांव बक्सा बारपेटा नलवाड़ी और कामरूप जिलों से होकर गुजरेगी आर्थिक समिति ने करीब तेरह अरब बीस करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सहजनवां और दोहरी घाट के बीच इक्यासी किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है यह परियोजना दो हजार तेईस चौबीस तक पूरी कर ली जाएगी मंत्रिमंडल ने प्रयागराज और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच एक सौ पचास किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के निर्माण का भी अनुमोदन कर दिया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इन रेल लाइनों के निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा तीनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोई राजनीतिक कारण से नहीं एप्रूव हो रहे हैं तेकिन इकनोमी वायबलेटी और इकनोमी नेस्ससिटी रेलवे की कैसिटी के लिए ये तीनों प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी सम्मेलन लखनऊ में जारी है विगत मंगलवार से शुरू हुए इस सम्मेलन में बाईस राज्यों और विभिन्न केंद्रीय बलों के पुलिसकर्मी हिस्सा ले रहे हैं इस सालाना बैठक में पुलिस के जवानों की न सिर्फ शारीरिक दक्षता बेहतर होगी बल्कि ये अपनी वैज्ञानिक कूशलताओँ और दिमागी मजबूती को भी प्रदर्शित कर सकेंगे इस बैठक का आयोजन ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कट्रोल बोर्ड नई दिल्ली को ओर से किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड बीटीसी के नतीजे से पहले टीईटी परीक्षा परिणाम को वैध ठहराया है शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैंसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों का टीईटी रिजल्ट पहले आया और बीएड अथवा बीटीसी का परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किया गया उनका टीईटी प्रमाण पत्र वैध नहीं है न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा मुकेश कुमार शाह और एस अद्दुल नज़ीर की पीठ ने उच्च न्यायालय के तीस मई दो हज़ार अट्ठारह के निर्णय को गलत ठहराते हुए टीईटी पास करने के बाद बीएड या बीटीसी की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक बनने के लिये पात्र क़रार दिया है सोनभद्र जिले में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी और धारदार हथियारों के हमले में तीन महिलाओं सहित नौ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गये हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह घटना कल दोपहर करीब डेढ़ बजे घोरावल थानातर्गत उफ़ा गांव में हुई घटना की सूचना मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां स्थिति काबू में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक को इस मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है मेरठ ज़िले में कल एक सड़क दुर्घटना में चार युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई यह हादसा परतापुर इलाके में उस समय हुआ जब मोटर साइकिल पर सवार चारों युवक एक ट्रक से टकरा गये उधर कौशाम्वी जिले में कल शाम एक तेज रफ्तार कंटेनर डिवाइडर क्रॉस कर मकान के बाहर सो रहे एक ही परिवार के तीन लोगों को रौंद दिया